इस चरण में प्रदेश के चौदह सीटों पर आगामी बारह मई को वोट डाले जायेंगे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से इस चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वे है सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अंबेडकर नगर श्रावस्ती ड्मरियागंज इस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ जौनप्र मछली शहर और भदोही

समी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं

यहां प्रमुख उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भाजपा नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भाजपा के जगदबिका पाल और कांग्रेस नेता डॉक्टर संजय सिंह आकाशवाणी समाचार के लिए आज़मगढ़ से मैं मुल्तान सिंह यादव छठें चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनसमाये की और समर्थन मांगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्वार्थनगर जिले के खेसरहा बाजार में इमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में विजय संकल्प रैली को सम्बोधित किया वहां उन्होंने भाजपा सरकार की उपलबियों को गिनाया और विपक्ष की कमियां भी गिनायीं मुख्यमंत्री आज गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के लिये भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे हैं कॉग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड़ा ने आज सिद्वार्थनगर जिले के ड्मरियागंज लोकसभा क्षेत्र में कॉग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ही देश का भविष्य मजबूत करेगा प्रियंका वाड़ा ने बस्ती और संतकबीरनगर में आयोजित जनसभाओं को भी सम्बोधित किया प्रयागराज में आज जया बच्चन डिम्पल यादव और धर्मेन्द्र यादव ने फूलपुर और प्रयागराज संसदीय सीट के सपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया और वोट अपील की उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले का सदभावपूर्ण समाधान निकालने के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति को पन्द्रह अगस्त तक का और समय दिया है उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली इस समिति ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय मांगा था मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है इसमें प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा न्यायाधीश एस ए बोबड़े डी वाई चन्द्रचूड़ अशोक भूषण और एस अद्दल नजीर शामिल हैं सम्बद्ध पक्षों को अगले महीने की तीस तारीख तक समिति के सामने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति भी दे दी गई है उच्चतम न्यायालय द्वारा आठ मार्च को यह मामला मक्यस्थता के लिए सौंपे जाने के बाद आज पहली बार सुनवाई की गई शीर्ष न्यायालय ने समिति को मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने और इसे आठ सप्ताह में पूरा करने को कहा था मध्यस्थता समिति के अन्य दो सदस्य हैं आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू उत्तराखण्ड में आज सुबह बद्रीनाथ मंदिर के कपाट ख्लने के साथ चार धाम यात्रा शुरू हो गई है एक रिपोर्ट कड़ाके की ठंड के बावजूद आज बद्रीनाथ मंदिर में करीब दस हजार से अधिक श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की ब्रह्म मुहर्त में सुबह चार बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नर नारायण पर्वत के बीच स्थित मंदिर के कपाट खोले गए इस अवसर पर गढ़वाल राइफल के जवानों ने बैंड बाजों के जरिये वातावरण को भक्तिमय बना दिया

मुख्यमंत्री त्रियेन्द्र सिंह रावत ने देश विदेश से चार धाम यात्रा पर आए हजारों तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह खुल गए थे राधवेश पांडे आकाशवाणी समाचार देहरादून प्रदेश के सभी जिले इस समय लू के चपेट में हैं तेज गर्म हवाओं के बीच तापमान के बढ़ने से लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान चालिस से छियालिस डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड किया जा रहा है प्रयागराज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा वहां अधिकतम तापमान छियालिस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया बांदा का अधिकतम तापमान पैंतालिस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रहा वाराणसी और सुल्तानपुर का अधिकतम तापमान चौवालिस डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार नही है